सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्धस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात और अन्य राज्यों ने संक्रमण की पहली लहर के शिखर को पार कर लिया है और कुछ अन्य राज्य भी तेजी से इसकी ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए चिंताजनक और गंभीर विषय है

उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के साथ ही हमारे परिश्रमी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने में बहत मदद की है और अभी भी इसमें जुटे हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनर्ने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कोरोना कफ़र्यू प्रदेश में सभी शहरों में आज शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में और राज्य में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्याा बढ़ रही है लेकिन उन्होंने कहा कि धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आवश्यक है उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज और कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय अंतिम विकल्प हैं यह अभूतपूर्व संकट है कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का कार्य निरंतर जारी है मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट पार्क में कल पौध रोपण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन करना आवश्यक हो रहा है इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बैठक कर अपने जिलों के पेशेंट लोड और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उपयुक्त निर्णय करने के लिए तत्काल बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यक होने पर बड़े शहर्रो में कंटेनमेंट एरिया भी बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन उपायों के साथ साथ इलाज की व्यवस्था के विस्तार पर भी राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है

प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है शासकीय चिकित्सालयों के साथ निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है राज्य शासन निजी अस्पतालों में निरूशुल्क उपचार की व्यवस्था भी कर रहा है भोपाल में पीपुल्स और जेके अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है

ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं है शासकीय स्तर पर रेमिडिसीवर इंजेक्शन की खरीद भी आरंभ हो रही है

दिशा में आरंभ की गई स्टार्ट यूअर बिजनेस इन थर्टी डेज योजना का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में अपना उद्योग आरंभ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न आए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में बारह लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरंतर सक्रिय है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया

कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूर्व में जारी समय सारणी अनुसार कार्यवाही का बंधन समाप्त कर दिया गया है

विद्यार्थियों से पुनः उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए भी शाला प्रमुख अपने स्तर से तिथि निर्धारित कर सकेंगे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा यदि शिक्षक चाहे तो घर ले जाकर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे

पहले मैच में शाम साढे सात बजे मौजूदा चैंपियन मुम्बई इंडियन्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा आईपीएल के इस संस्करण के मैच मुंबई चोन्नई बंगलुरू अहमदाबाद नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे

नमस्कार